बूढ़ी गंडक खिरोई अधवारा कमला बलान और कोसी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर

तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस यानि तीन तलाक विधेयक पारित हो गया विधेयक के समर्थन में निन्यानवे और विरोध में चौरासी वोट पड़े कानून बन जाने के बाद तीन तलाक की प्रथा गैर कानूनी हो जायेगी और इसका उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध होगा सदन में वोटिंग के दौरान जनता दल यूनाइटेड तेलंगाना राष्ट्र समिति और ए आईडीएम के जैसी पार्टियों ने कार्यवाही का भी बहिष्कार किया वहीं बहुजन समाज पार्टी और पीडीपी ने वोटिंग में भाग नहीं लिया यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है अब अनुमति के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में विधेयक पेश किया और बहस की शुरूआत की उन्होंने कहा कि यह स्त्री प्रूष समानता न्याय और गरिमा का मामला है इसलिए इसे वोट बैंक राजनीति की नजर से नहीं देखना चाहिए

ये मामला जेंडर जस्टिस जेंडर डिग्निटी जेंडर एक्वेलिटी का है गूजरात से कांग्रेस सांसद अमी याज्ञिक ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एक महिला के साथ न्याय से नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की राहत से जुड़ा है बहस में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तीन तलाक विधेयक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है दरभंगा सीतामढ़ी और मुजफ्फरपूर जिले में बाढ़ की स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी गंडक ब्रुढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं बागमती नदी का जलस्तर आज भी सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर रेल पुल ओर रोसड़ा रेल पुल के पास खतरे के निशान से करीब एक मीटर ऊपर बह रही है वहीं कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में लाल निशान के ऊपर है इधर सीतामढ़ी में अधवारा और दरभंगा में खिराई नदी अब भी उफान पर है दरभंगा में खिरोई नदी का जलस्तर एकमी घाट के पास खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली प्रखंड में रिंग बांध टूट जाने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है हालांकि पिछले अड़तालीस घंटों से नेपाल और उत्तर बिहार में बारिश नहीं होने से इन नदियों के जलस्तर में बढ़ोत्तरी नहीं दर्ज की गयी है इधर योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन को युद्व स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया है श्री हजारी आज जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे जिले के कल्याणपुर प्रखंड के गंगोरा खरसंड कनौजर और नामापूर समेत बीस गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरे हुए है पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर आज तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप है हायाघाट और थलवाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच बागमती नदी पर स्थित रेल पूल पर बाढ़ के पानी के दबाव के कारण ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है इस रेल खंड पर गाड़ियों का परिचालन ठप होने से यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस रेल खंड से होकर चलने वाली चौदह मेल एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया गया है जबकि छह गाड़ियों को आंशिक मार्ग परिवर्तन कर चलाया जा रहा है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत पांच प्रमुख ट्रेनें दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज और दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपूर रेल खंड के रास्ते चलायी जा रही है जबकि जयनगर से नई दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपर फास्ट ट्रेन कल रद्द कर दी गयी है इस बीच वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मीडिया प्रभारी बिरेन्द्र कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीप्र हायाघाट और थलवाड़ा दरभंगा स्टेशनों के बीच एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है अररिया जिले के नरपतगंज और फारबिसगंज प्रखंडों में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री और सहायता राशि के वितरण में गड़बड़ी का अरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया रमई और मिरदौल पंचायत के बाढ़ पीड़ित आज सड़कों पर उतर आये और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की इधर जिले के जोगीहाट प्रखंड में परमान और सुरसर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है लोकसभा में आज उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दो हजार उन्नीस विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया इस विधेयक का उद्देश्य विवादों के समयबद्ध निपटान और प्रभावी कार्रवाई के लिए प्राधिकरण गठित कर उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है विधेयक में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वालों और ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के निर्माताओं के खिलाफ दस लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने या दो साल तक की जेल की सजा सुनाने का अधिकार प्रदान किया जायेगा राज्य में अब वज्रपात होने की पूर्व सूचना तीस मिनट पहले मिल जायेगी आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्र राय ने बताया कि राज्य सरकार ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ क्षेत्र में वज्रपात की समय से पहले सूचना प्राप्त करने के लिए समझौता किया है इससे बड़ी संख्या में जानमाल की हानि रोकने में मदद मिलेगी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल वज्रपात से अब तक राज्य में एक सौ सत्तर लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसलिए वज्रपात की पूर्व चेतावनी के लिए एक सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी बिजली संयंत्र में ट्यूब लिकेज की वजह से दो इकाईयों से बिजली का उत्पादन ठप हो गया है प्रदेश की प्रमुख नदियों बागमती कमला कोसी गंडक बूढ़ी गंडक और घाघरा की सेटेलाईट से निगरानी की जायेगी जल संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार की बाढ़ में बागमती बेसिन की नदियों की बदली हुई प्रकृति को देखते हुये सेटेलाईट से निगरानी कराने का फैसला किया गया है वहीं इन नदियों के ग्यारह नये स्थानों पर जलस्तर मापी गेज बनाया गया है और यहां से भी नदियों के जलस्तर की हरेक दिन निगरानी की जायेगी राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बस अड्डा के पास पुलिस ने दो लोगों के पास से छियासठ लाख रूपये नकद बरामद किये इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है अररिया जिले के फारबिसगंज कॉलेज में बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता रदद किये जाने से नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बस पड़ाव के पास लेवी वसुल रहे दो नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनके पास से लेवी के दो लाख सैंतालीस हजार रूपये बरामद किये गये हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदचौर गांव में करंट की चपेट में आने से दंपत्ति की मौत हो गयी और अब अंत में मुख्य समाचार तीन तलाक कानून बनने का रास्ता हुआ साफ

बूढ़ी गंडक खिरोई अधवारा कमला बलान और कोसी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर